प्रचार समाप्ति में कुछ घंटे शेष रहते सभी प्रत्याशी जोरशोर के साथ जुटे हुए है इस बीच कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने जयपूर में यह घोषणा पत्र जारी किया श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पानी बिजली सड़क सहित विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी

भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब से वह सत्ता में आई है प्रदेश के निकायो में सफाई और बिजली व्यवस्था गडबडा गई है

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है

इस अवसर पर विद्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में कई कार्यक्रम हो रहे है राज्य में बाल दिवस के अवसर पर आज सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जा रहा है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने ग्रामीणों में उनके गांव के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के लिए इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं इसके तहत सुबह गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है इसके बाद स्कूलों में मेरा गांव मेरा गौरव विषय पर आश्रभाषण चित्रकला निबंध और कविता पाठ प्रतियोगिता होगी जबकि दोपहर में खेलकूद और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे

इस बार का अभियान किसानों पर केन्द्रित रखा गया है पीसीआरए के निदेशक नवीन गुलाटी ने बताया कि ये प्रचार वाहन राज्य के दूरदराज के इलाकों ग्राम पंचायतों और कृषि विज्ञान केन्द्रो सहित स्कूलों और सर्वजनिक स्थानों पर लोगों को ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा

जैसलमेर और बीकानेर में भी ठण्डी हवाओं के साथ बारिश हो रही है